केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरषोत्तम रूपाला ने कहा है कि केंद्र सरकार की पहल पर किसानों की आय बढाने का मुद्दा भी पहली बार कृषि नीति में शामिल किया गया है

श्री रूपाला ने कहा कि सरकार ने किसानों की लागत कम करने के लिए भी कई कदम उठाए है

कानोता में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी को वकील की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी जयपुर के वकीलों ने फैसला किया है कि वे आरोपी पवन की पैरवी नहीं करेंगे जयपुर बार एसोसिएशन ने एक बैठक के बाद यह फैसला किया है एसोसिएशन के महासचिव नरपत सिंह ने बताया कि बैठक में शामिल सभी वकीलों का मानना था कि आरोपी का कृत्य घृणित है उसे भविष्य जमानत का लाभ मिल जाता है तो समाज के सामने वह बड़ा खतरा बन सकता है

हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस स्थानीय पुलिस और आपदा राहत प्रबंधन की टीमों ने मौके पर पहुंच कर सभी को जीवित बाहर निकाला हादसे में घायल हुये इन सभी लोगों को सवाईमानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है मलबे में एक अन्य बच्चे के दबे होने की आशंका के मद्देनजर राहत और बचाव कार्य जारी है